और पटना समेत राज्य के अन्य भागों में ठंड में हुई वृद्धि

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उन्नीस सौ चौरासी के दंगा मामलों में हत्या की साजिश रचने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने सज्जन कुमार को आपराधिक साजिश रचने और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का दोषी ठहराया है न्यायालय ने कहा कि सज्जन कुमार को इकतीस दिसम्बर तक आत्मसमर्पण करना होगा न्यायालय ने सज्जन कुमार को दिल्ली छोड़कर नहीं जाने का भी निर्देश दिया है उच्च न्यायालय आज उन्नीस सौ चौरासी के दंगा मामलों में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई दंगा पीड़ितों और दोषियों की अपीलों पर सुनवाई कर रहा था निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था इकतीस अक्तूबर उन्नीस सौ चौरासी को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के बाद ये दंगे हुए थे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने का राजनीतिक नेताओं ने स्वागत किया है भाजपा के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि सच्चाई छुपाने की कोशिशें अब नाकाम हो चुकी हैं उन्होंने कहा कि सिख दंगों का साया कांग्रेस और गांधी परिवार को घेरे हुए है

ये सुनिश्चित करने की बजाए कि पीड़ितों को न्याय और दोषियों को सजा मिले कांग्रेस सरकारें बार बार इसे छिपाने के काम में लगी रही सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्द्धन राठौड़ ने कहा कि सज्जन कुमार को सजा सुनाये जाने से उन्नीस सौ चौरासी के दंगों में उनका शामिल होना सिद्ध होता है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि आखिरकार इस मामले में न्याय मिल गया है लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पेश किया गया विधेयक में एक साथ तीन तलाक को अवैध ठहराने के सभी प्रावधान मौजूद हैं इस विधेयक में एक साथ तीन तलाक की प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करने और तीन साल तक की सजा का प्रावधान है यह विधेयक मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अध्यादेश दो हजार अठारह का स्थान लेगा विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार का एक साथ तीन तलाक की प्रथा के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बावजूद इस प्रथा के जारी रहने के बाद यह विधेयक लेकर आई है लोकसभा ने आज सदन में विपक्षी दलों द्वारा संशोधन की मांग रद्द करते हुए किन्नर अधिकार संरक्षण विधेयक पारित कर दिया विधेयक में शिक्षा रोजगार और स्वास्थ सेवा जैसे क्षेत्रों में किन्नरों के खिलाफ भेदभाव की मनाही की गई है इसमें केन्द्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया हे कि वे ऐसे लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से लाभांवित करें विधेयक पेश करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि किन्नरों के अधिकारों और कल्याण के संरक्षण के लिए कानून बनाये जाने की बहत दिनों से मांग की जा रही थी उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य इस समुदाय को समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राफेल विमान मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस पर झूठ की इमारत खड़ी कर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं श्री मौर्य ने कहा कि उन्हें नैतिकता के आधार पर पार्टी अध्यक्ष पद के साथ साथ संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए उन्होंने कहा कि इस मामले पर कांग्रेस ने देश की सूरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सेना के मनोबल को तोड़ने का काम किया है श्री मौर्य ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का रक्षा सौदा घोटाला से पुराना संबंध रहा है राज्य के पचपन हजार जन वितरण प्रणाली पीडीएस की द्कानों में अगले साल फरवरी तक पॉस प्वाइंट ऑफ सेल मशीन लगा दिया जाएगा खाद्य मंत्री मदन सहनी ने कहा कि इस साल के अंत तक तेरह हजार छह सौ नए पीडीएस दुकान आवंटित हो जाएगा श्री सहनी ने विश्वास व्यक्त किया कि धान खरीद में उन्नीस प्रतिशत तक नमी की अनुमति केंद्र से जल्द मिल जाएगी इस साल पैक्स व व्यापार मंडल में धान बेचने पर किसान को प्रति क्विंटल एक हजार सात सौ पचास रुपए मिलेगी ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि वर्ष दो हजार बीस तक प्रदेश के सभी टोलों बसावटों और सौ की आबादी वाले सभी गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया जाएगा श्री कुमार ने औरंगाबाद में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में सड़क से वंचित सभी बसावटों टोलों और गांव के सर्वे का काम लगभग प्रा कर लिया गया है उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़कों के लिए बनाई गयी नई नीति के तहत सभी सड़कों के रख रखाव का काम पांच वर्षों तक ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाएगा मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तुफान पेथाई के कारण राज्य के विभिन्न जिलों में आज और कल बारिश हो सकती है जिसके कारण ठंड और बढ़ने की संभावना है मौसम विज्ञान केंद्र के अन्सार पटना और पूर्णिया में बादल छाये रहेंगे तेज हवा के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ेगा और पारे में दो डिग्री तक की गिरावट आ सकती है आज प्रदेश का सबसे ठंडा शहर गया रहा जहां का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव पांच रिकार्ड किया गया पटना का न्यूनतम तापमान तेरह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया बौद्ध धर्मगुरू दलाईलामा ने तिब्बतियों के अधिकारों को लेकर चीन के कड़े रुख की आलोचना करते हये आज कहा कि वह अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है धर्मगुरू ने बोधगया स्थित विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में विशेष प्रजा अर्चना करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चीन की सरकार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है उन्होंने कहा कि वर्तमान आध्रनिकता की दौर में प्रत्येक व्यक्ति को आजादी का अधिकार है ऐसे में चीन सरकार अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रही है जो कहीं से भी ठीक नहीं है श्री दलाईलामा ने कहा कि बौद्ध धर्म सब से हटकर है वह सभी के प्रति एकसमान भाव रखता है उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म का संदेश शांति प्रेम करुणा और आपसी भाईचारे का है जो यह आध्रनिक विज्ञान पर आधारित है राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि लोक भाषाओं और विभिन्न भारतीय भाषाओं के शब्द ग्रहण कर ही हिन्दी और अधिक समृद्ध हो रही है श्री टंडन आज पटना में बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सौंवे स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि किसी देश का इतिहास संस्कृति और दर्शन उसके राष्ट्रभाषा में ही सही तौर पर अभिव्यक्त होता है राज्यपाल ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन के गौरवशाली इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि साहित्यकारों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है समारोह को हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद दीक्षित और बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल सुलभ समेत अनेक साहित्यकारों ने संबोधित किया कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य में कहीं भी उर्वरकों की कोई कमी नहीं है श्री क्मार ने किसानों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को लगातार यूरिया की आपूर्ति की जा रही है जिन्हें विभिन्न जिलों में भेजा जा रहा है कृषि मंत्री ने कहा कि रबी मौसम में केन्द्र ने सात लाख पैंसठ हजार मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति की है गया शहर के विष्णुपद थाना क्षेत्र के विष्णुपुरी कॉलोनी इलाके में आज बम विस्फोट की घटना में एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया पुलिस सूत्रों ने बताया कि तेरह वर्षीय कमलेश कुमार कटी पतंग को लेने के लिये एक बगीचे में गया था तभी अचानक बम विस्फोट हो गया गंभीर रूप से घायल किशोर को अन्ग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस मामले की जांच कर रही है प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हये सड़क हादसों में दस लोगों की मौत हो गयी जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गये कटिहार जिले के क्रसैला थाना के कुरसैला चौक पेट्रोल पंप के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या इकतीस पर कार और ट्रक के बीच हुयी टक्कर में चार लोगों की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य घायल हो गये वहीं सारण जिले के दिघवारा थाना क्षेत्र के बसतीजलाल गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या उन्नीस पर ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच हुयी टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गयी मधुबनी जिले के झंझारपुर थाना क्षेत्र के सिमरा गांव के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या संतावन पर ट्रक और मोटरसाईकिल के बीच टक्कर में एक की मौत हो गयी जबकि दो अन्य लोग घायल हो गये इधर बेगूसराय जिले में दो अलग अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेवी रामचंद्र प्रसाद कुशवाहा का आज निधन हो गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय समेत अनेक नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है बेगूसराय जिला पुलिस ने पटना जिले के मरांची थाना के मरांची गांव से शराब तस्कर कृष्णा कुमार को गिरफ्तार कर लिया पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर के पास से पूलिस ने सात लाख रूपये एक किलोग्राम गांजा और मोबाइल फोन बरामद किया है इधर मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से दो सौ पांच कार्टन विदेशी शराब जब्त की है वहीं गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के कोटनरहवा गांव से पुलिस ने लगभग साढ़े पांच सौ बोतल विदेशी शराब के साथ तीन कारोबारियों को गिरफ्तार किया है

और पटना समेत राज्य के अन्य भागों में ठंड में हुई वृद्धि